प्रदेश में कोविड उन्नीस के तीन सौ चौदह नये मामले दर्ज किये गये

मकर संक्रांति का त्योहार पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया

बुलेटिन की शुरूआत से पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

राज्य भर में कोविड टीकाकरण के लिये तीन सौ केन्द्र बनाये गये हैं जहां परसों टीकाकरण होगा एक केन्द्र पर प्रतिदिन सौ पंजीकृत लाभार्थियों को कोविशील्ड के टीके दिये जायेंगे एक बार टीका दिये जाने के बाद अठाईस दिनों के बाद फिर से टीके की दूसरी डोज दी जायेगी अब तक पहले चरण के टीकाकरण के लिये चार लाख उनहत्तर हजार से अधिक चिकित्सकों स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाईन कोरोना योद्वाओं का पंजीकरण किया गया है इधर राज्य के विभिन्न जिलों में कोविड टीके की खेप पहुंचने का सिलसिला जारी है अब तक राज्य को कोविड टीके की दो खेप मिल चुकी है इस तरह कुल मिलाकर छप्पन हजार कोविड टीके की शीशियां राज्य को मिल चुकी हैं इधर राज्य स्वास्थ्य समिति ने कहा है कि प्रदेश के सभी तीन सौ टीकाकरण केन्द्रों पर लाभार्थियों की सूची भेजने का काम पूरा कर लिया गया है विभिन्न जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि टीकाकरण को लेकर प्रशिक्षण का कार्यक्रम प्ररा कर लिया गया है दरभंगा के जिला टीकाकरण पदाधिकारी अमरेन्द्र कुमार मिश्रा ने बताया कि जिले के टीका भंडारण केन्द्र को छह हजार एक सौ पचासी शीशियां प्राप्त हुई हैं इसमें से दरभंगा समस्तीपुर और मधुबनी जिले को टीका उपलब्ध कराया जायेगा शेखपुरा के सिविल सर्जन डॉक्टर वीर कुंवर सिंह ने बताया कि कोविड टीका केन्द्र पर दस लोगों के उपस्थित होने के बाद ही टीके की शीशी को खोला जायेगा उन्होंने कहा कि जिले को तीन सौ टीके की शीशियां मिली हैं

कल सभी टीकाकरण केन्द्रों को अच्छी तरह सेनेटाईज किया जायेगा उन्होंने कहा कि जिन लोगों को टीका दिया जाना है उन्हें मोबाईल पर संदेश भेजा जायेगा सिविल सर्जन इंद्रदेव रंजन ने बताया कि जिले को टीकाकरण के लिये अठारह हजार चार सौ शीशियां प्राप्त हुई हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल गुर्टू ने कहा है कि कोविड का टीका दोहरा फायदा देने वाला है यह आगे चलकर कोविड उन्नीस महामारी से उबरने में लाभदायक होगा

उन्होंने इसकी खुराक और उसे लेने के अंतराल के बारे में बताया उन्होंने यह भी बताया कि टीका लगने के बाद किस प्रकार शरीर में एंटीबॉडी विकसित होते हैं

दो डोज जो कि हमने चार से छह हफ्ते के अंतराल पर लेनी होगी

तो जो भी हम वैक्सीन लेंगे वो दो डोजेज में लेंगे इन्ट्रा मस्कूलर लेंगे और चार हफ्ते के अँतराल पर लेंगे

उन्होंने स्पष्ट किया कि अभी कोविड वैक्सीन के लिए केवल अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता ही पंजीकरण करा सकते हैं और आम जनता को अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी होगी डॉक्टर रुपाली ने यह संदेश भी दिया साउंड बाईट एयरक्राफ्ट से लेकर जो ट्रक्स हैं उससे लेकर जितनी भी सुविधा उपलब्ध है सबका उपयोग किया जा रहा है और जिसका स्टोरेज की बात की जाती है तो ये कोल्ड चेन मेंटेन करना सवसे ज्यादा अनिवार्य है इस वेक्सीनेशन को ठीक से इनश्योर करने के लिए उसके लिए भी हर लेवल पर अलग अलग तरह के कोल्ड स्टोरेज होते हैं रिजनल लेवल पर हमारे पास वॉक्यूम रेफ्रिजरेटर होते हैं तो डिस्ट्रीक्ट लेवल पर हमारे पर डीप फ्रीजर होते हैं और जो लास्ट लेवल होते हैं वैक्सीनेशन के वहां पर आइसलाइन रेफ्रीजरेटर होते हैं तो ये सेटअप हमारे पास ऑलरेडी उपलब्ध है

केन्द्र सरकार ने कहा है कि कोविड के टीके के पूरे चक्र के लिए दो खूराकें अठाईस दिनों के अंतराल पर दी जाएंगी स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस टीकाकरण अभियान के विभिन्न पहलुओं की जानकारी के लिए सामान्य रूप से पूछे जाने वाले सवाल और उनके उत्तरों की श्रृंखला जारी की है इसके अनुसार संक्रमित लोगों को लक्षणों के मिलने के चौदह दिनों तक टीका नही लगवाना चाहिए क्योंकि इससे टीकाकरण स्थल पर संक्रमण फैलने का खतरा बढ जाता है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि भारत में दिया जाने वाला टीका किसी भी अन्य देश द्वारा विकसित टीके जितना ही प्रभावी है क्योंकि सुरक्षा और प्रभाव को सुनिश्चित करने के लिए इसे कई चरणों में जांचा जा चुका है पात्र लाभार्थियों को उनके पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर कोविड टीकाकरण के स्थान और समय की जानकारी दी जाएगी इधर राष्ट्रव्यापी पोलियो टीकाकरण अभियान अब इकतीस जनवरी को आयोजित होगा कोविड टीकाकरण अभियान के कारण सत्रह जनवरी को होने वाला पोलियो टीकाकरण अभियान स्थगित कर दिया गया है केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने आज समस्तीपुर में संवाददाताओं से कहा कि जो लोग कोविड टीके को लेकर अफवाह फैला रहे हैं वे समाज के हित की विरोध में काम कर रहे हैं श्री राय ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की

स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सबसे अधिक एक सौ अड़तीस नये मामले पटना जिले में दर्ज किये गये हैं वहीं कोविड संक्रमण का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या चार हजार आठ हो गयी है इधर राज्य में कोविड उन्नीस से ठीक होने वालों की दर बढ़कर संतानवे दशमलव आठ आठ प्रतिशत हो गयी है अब तक दो लाख बावन हजार से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं देश में कोविड महामारी से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर एक करोड़ एक लाख छियालीस हजार से अधिक हो गयी है अब तक छियानवे प्रतिशत से अधिक लोग इस महामारी से ठीक हो चुके हैं राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि अठारह जनवरी से विद्यालयों में आठवीं से नीचे की कक्षाओं को नहीं खोला जायेगा मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कहा है कि स्कूल खोलने को लेकर फैसला पच्चीस जनवरी को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद लिया जायेगा गौरतलब है कि राज्य में कॉलेज के साथ साथ उच्च माध्यमिक और माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा नौ से बारहवीं तक की पढ़ाई चार जनवरी से शुरू हो गयी है बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने प्रदेश के एक हजार पांच सौ ग्यारह प्राथमिक कृषि साख समिति पैक्स के विभिन्न पदों के लिए चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा कर दी है राज्य के सैंतीस जिलों में समितियों के गठन के लिये मतदान पंद्रह फरवरी को होगा गौरतलब है कि इन समितियों का चुनाव बाढ़ और कोविड के कारण नहीं कराया जा सका था तीस जनवरी से नामांकन पत्र भरे जायेंगे नामांकन की अंतिम तिथि तीन फरवरी निर्धारित है नामांकन पत्रों की जांच चार फरवरी तक होगी छह फरवरी तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं मतों की गिनती पन्द्रह फरवरी को ही मतदान प्रक्रिया की समाप्ति के बाद होगी कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार एक ब्रथ पर सात सौ की जगह मात्र चार सौ पचास वोटर होंगे राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने स्पष्ट किया है कि चुनाव में अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष जैसे एकल पदों पर आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं होगी मकर संक्रांति का पर्व धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के वातावरण में मनाया गया अहले सुबह से ही गंगा गंडक कोसी बागमती पुनपुन सहित राज्य की अन्य नदियों में पवित्र स्नान के लिये श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा लोगों ने पूजा पाठ करने के बाद दान पुण्य किया धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान सूर्य आज धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं और उत्तरायण हो जाते हैं इसके साथ ही आज से खरमास भी समाप्त हो गया है अब कल से शुभ कार्यो का सिलसिला भी शुरू हो जायेगा इधर मकर संक्रांति के अवसर पर विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों की ओर से दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया हालांकि कोविड के कारण व्यापक तौर पर इस बार ये कार्यक्रम नहीं आयोजित किये गये मकर संक्रांति के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रदेश के राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं बर्फीली हवा के कारण प्रदेश में औसत तापमान में तीन डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गयी है उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवाओं के कारण ठंड और कनकनी में बढ़ोतरी हुई है वहीं वातावरण में नमी बने रहने के कारण राज्य के अधिकांश हिस्सों में सुबह और शाम के समय मध्यम से घने कोहरे की स्थिति देखी जा रही है मौसम वैज्ञानिक दिनेश कुमार भारती ने बताया कि अगले कुछ दिनों तक दक्षिण बिहार में ठंड में और बढ़ोतरी होगी जबकि उत्तर बिहार के अधिकांश हिस्सों में अगले चौबीस घंटों में बादल छाये रहेंगे

केन्द्र सरकार ने रेलवे द्वारा यात्रियों से अधिक किराया वसूले जाने की खबर का खंडन किया है रेल मंत्रालय ने कहा है कि समाचार माध्यमों के एक वर्ग की ओर से जारी ऐसी खबरें भ्रामक और निराधार हैं रेल मंत्रालय ने कहा है कि परंपरा के अनुसार त्यौहार और छुट्टियों के दौरान यात्रियों की भीड़ से निपटने के लिए विशेष द्रगामी रेलगाड़ियां इस वर्ष भी चलायी गयी मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि वर्ष दो हजार पंद्रह से इन रेलगाड़ियों के किराए कुछ बढ़ाए गए थे लेकिन इस वर्ष किराये में कोई बदलाव नहीं किया गया है लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री रामप्रीत पासवान ने कहा है कि नल जल योजना में घोटाला करने वाले लोगों को जेल भेजा जायेगा उन्होंने मुजफ्फरपुर में संवाददाताओं से कहा कि जहां से भी शिकायतें मिल रही हैं उस पर कठोर कार्रवाई की जा रही है दरभंगा के सांसद गोपालजी ठाकुर ने दरभंगा एयरपोर्ट पर यात्री सुविधा बढ़ाने को लेकर हवाई अड्डा के निदेशक बिपलव कुमार मंडल से बातचीत की जमुई के नागी नकटी पक्षी अभयारण्य में तीन दिवसीय राजकीय पक्षी महोत्सव का शुभारंभ कल होगा जमुई पुलिस और अर्द्वसैनिक बलों ने संयुक्त कार्रवाई में कट्टर नक्सली प्रकाश राणा को हथियार और गोलियों के साथ गिरफ्तार किया है पूर्व मध्य रेलवे की ओर से कल से पटना भभुआ इंटरसिटी एक्सप्रेस का परिचालन फिर शुरू हो रहा है इसे स्पेशल ट्रेन के तौर पर चलाया जायेगा और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर शनिवार को शुरू हो रहे कोविड टीकाकरण को लेकर तैयारियां पूरी

प्रदेश में कोविड उन्नीस के तीन सौ चौदह नये मामले दर्ज किये गये

मकर संक्रांति का त्योहार पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया